प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है इसलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें प्रधानमंत्री गुजरात हाईकोर्ट के स्थापना की हीरक जयंती पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है

भारत में ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर का सुधारा है और ईज ऑफ जस्टिस सुधरने से अपने देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में नीति और नियमों की सार्थकता न्याय से होती है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय से ही नागरिकों में निश्चितता आती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्माारक डाक टिकट भी जारी किया केन्द्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए राजमार्ग क्षेत्र के बजट आबंटन में लगभग तीस प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है

मौजूदा वित्त वर्ष में ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर काम शुरू होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक एक करोड चार लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है

वहीं राहत की बात यह है कि एक भी मौत करोना से नहीं हुई है

इनमें चार सौ एकतालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सत्रह हजार चार सौ बीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार सतहत्तर मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात दो प्रतिशत हैं

मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सकों की पूरी निगरानी में वैक्सीन दिया जा रहा है यह सुरक्षित है तथा जनहित में सभी का वैक्सिन लेना महत्वपूर्ण है

देश के कुल तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान लगभग छिहत्तर प्रतिशत है केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कल को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी

मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि झारखंड की जलवायु की स्थिति अच्छा वन क्षेत्र और उपयुक्त जनशक्ति के कारण झारखंड रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है

बीते कुछ वर्षों में झारखंड में कच्चा रेशम के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी है लातेहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है इसे लेकर उपायुक्त ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यटकों को और सुविधा मुहैया कराने के लिए होटलों का निर्माण कराने का निर्देश दिया है

यह राशि क्लस्टर के माध्यम से उद्योगपतियों को प्राप्त होगी

भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज से पुणे में अभिवादन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

कृषि उपज विपणन समितियों को आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत कोष से धन दिया जाएगा ई नैम कृषि उपज के व्यापार का एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से किसानों की बहुत से बाजारों और खरीददारों तक पहुंच हो सकेगी

गिरिडीह जिले में बेंगाबाद थाना पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने भारी मात्रा में अवैध रूप से बिहार ले जाये जा रही अंग्रेजी शराब जब्त की है और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है खूंटी जिले में सोनाहातू थाना में कल सभी इंस्पेक्टर थाना प्रभारियों की मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई इसमें अपराध नियत्रंण को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया